प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान एक बार फिर उत्तराखंड का जिक किया

प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग सुशासन चाहते हैं उन्होंने कहा कि जो लोग नफरत फैलाते हैं और विकास के मार्ग में अवरोध पैदा करना चाहते हैं वे कभी अपने नापाक इरादों में कामयाब नहीं होंगे

उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी ये साबित करती है कि विकास की शक्ति बम और बन्दूक की ताकत से कहीं अधिक होती है

उन्होंने आशा व्यक्त की कि चंद्रयान मिशन विज्ञान और नवाचार में युवाओं को प्रेरित करेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि देश अब उत्सुकता पूर्वक सितंबर की प्रतीक्षा कर रहा है जब लैंडर विक्रम रोवर प्रज्ञान के साथ चंद्रमा की सतह पर उतरेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने जल संरक्षण का जो आह्वान किया था उसका भारी स्वागत हुआ है उन्होंने कहा कि लोगों ने पारंपरिक तरीकों से जल संरक्षण की जानकारी साझा की है और मीडिया ने भी कुछ अभिनव प्रयोगों को लोगों के सामने पेश किया है उन्होंने सरकार और गैर सरकारी संगठनों के जल संरक्षण के प्रयासों की भी सराहना की प्रधानमंत्री ने कहा कि पांच साल पहले शुरू किया गया स्वच्छता अभियान अब तेजी पकड़ चुका है ये कार्यक्रम अब स्वच्छता से सुंदरता की ओर बढ़ रहा है स्लग मन की बात उत्तराखंड प्रधानमंत्री के मन की बात को सुनने के लिए उत्तराखंड में भी लोगों में काफी उत्साह रहा देहरादून में प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सामूहिक तौर पर सुनने के लिए राजधानी देहरादून के कारगी क्षेत्र में भाजपा की ओर से स्क्रीन की व्यवस्था की गई थी जहां भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू धर्मपुर के विधायक विनोद चमोली और प्रदेश महामंत्री अनिल गोयल समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और आम लोगों ने मन की बात को सुना इस दौरान श्री श्याम जाजू ने कहा कि प्रधानमंत्री ने आज मन की बात में सभी महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया है वहीं चंपावत जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनने के लिए उत्साह देखा गया घरों के साथ ही दुकानों पर भी लोगों ने सामूहिक रूप से आकाशवाणी व दूरदर्शन से प्रसारित मन की बात को सुना साथ ही इस पर चर्चा भी की दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र गोशनी में व्यवसायी अपनी दुकानों पर प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को स्वयं भी सुनते हैं और दूसरों को भी सुनाते हैं

इन सभी राज्यों का विकास केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं में है मसूरी में आयोजित हिमालयन राज्यों के सम्मेलन में उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से यह आयोजन हिमालयी राज्यों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा उन्होंने कहा कि लम्बे समय से इसकी आवश्यकता महसूस की जा रही थी केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सीमांत क्षेत्रों से पलायन को रोकने के लिए विशेष प्रयास करने होंगे इसमें पंचायतीराज संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं दूरस्थ क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करा कर ही पलायन को रोका जा सकता है सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोग देश की सुरक्षा में आंख और कान का काम करते हैं इससे सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी उन्होंने कहा कि विकास के साथ ही पर्यावरणीय सुरक्षा पर भी ध्यान देना होगा पर्वतीय राज्यों में ऑर्गेनिक कृषि पर फोकस किया जाना चाहिए इसमें स्थानीय युवाओं को जोड़े जाने की जरूरत है

इससे पलायन तो रुकेगा ही साथ ही क्षेत्र भी आर्थिक रूप से विकसित होगा उन्होंने कहा कि सम्मेलन में प्रतिभागी राज्यों द्वारा चर्चा किये गये विषयों पर केन्द्र सरकार गंभीरता से विचार करेगी हिमालयन कॉन्क्लेव में गहन मंथन के बाद प्रतिभागी हिमालयी राज्यों द्वारा मसूरी संकल्प पारित किया गया इसमें पर्वतीय राज्यों द्वारा हिमालय की समुद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और देश की समुद्धि में योगदान का संकल्प लिया गया वहीं सम्मेलन में मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रतिभागियों का स्वागत किया उन्होंने सभी से जल संचय और जल संरक्षण के लिए काम करने का आहवान किया

अब तक प्रदेशभर में चार लाख से ज्यादा नए सदस्य बनाए जा चुके हैं इसी कम में आज राजधानी देहरादून के कारगी क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू ने लोगों को भाजपा की सदस्यता दिलाई बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने भी इस मौके पर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की श्री जाजू ने कहा कि भाजपा सिर्फ लीडर आधारित नहीं बल्कि कैडर आधारित पार्टी है उन्होंने बताया कि उत्तराखंड समेत पूरे देश में पार्टी का सदस्यता पर्व उत्साह के साथ चल रहा है

टिहरी जिले के नरेंद्रनगर तहसील के पास बगड़धार में कांवड़ियों से भरा एक वाहन और बाइक ऊपर पहाड़ी से पत्थर गिरने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गए इस हादसे में चार लोगों की मौत हो गई जबकि आठ घायल हो गए बताया जा रहा है कि कांवड़ी गंगोत्री से हरियाणा जा रहे थे घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद एम्स ऋषिकेश के लिए रेफर कर दिया गया वहीं जिले के टिहरी साबली लिंक मार्ग पर एक कार के दुर्घटनाग्रस्त हो गई इस हादसे में कार सवार एक किशोरी समेत दो लोगों की मृत्यु हो गई जबकि तीन अन्य घायल हो गए घायलों को चंबा के अस्पताल में भर्ती कराया गया बताया जा रहा है कि दोनों मृतक रिश्ते में मामा भांजी थे

पुलिस ने मृतकों के शवों का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया है

ट्रक में सवार एक व्यक्ति का शव नदी से निकाला जा चुका है एसपी यशवंत सिंह चौहान ने बताया कि ट्रक में चालक के अलावा हैल्पर के भी होने की संभावना है दूसरे व्यक्ति की तलाश की जा रही है एक अन्य दुर्घटना में चमोली जिले में कर्णप्रयाग कनखुल नैनीसैण मोटरमार्ग पर एक वाहन खाई में गिर गया वाहन में नौ लोग सवार थे इनमें से दो लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है घायलो का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कर्णप्रयाग में इलाज चल रहा है स्लग जयपाल रेड्डी निधन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री एस जयपाल रेड्डी का कल रात हैदराबाद में निधन हो गया

उन्हें कुछ दिन पहले तेज बुखार के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था वे केन्द्र में विभिन्न सरकारों में केंद्रीय सूचना और प्रसारण शहरी विकास पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री रहे थे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केन्द्रीय मंत्री जयपाल रेड्डी के आकस्मिक निधन पर गहरा शोक प्रकट किया है उन्होंने श्री रेड्डी के निधन को कांग्रेस पार्टी के लिए अपूर्णीय क्षति बताते हुए कहा कि स्वर्गीय रेड्डी पार्टी के एक स्तम्भ थे स्लग भाषा प्रोत्साहन विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि प्रदेश सरकार क्षेत्रीय भाषाओं के प्रोहत्साहन के लिए कृत संकल्पित है यही वजह है कि कुमाऊंनी और गढ़वाली भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग पर सरकार विचार कर रही है देहरादून में गढ़वाली और कुमाऊनी भाषाओं की वैज्ञानिक संरचना पुस्तक के लोकार्पण के अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि राज्य में तीन भाषा कुमाऊंनी गढ़वाली और जौनसारी बोली जाती है लेकिन इतने सालों बाद भी इन भाषाओं की स्थिति में कोई ज्यादा बदलाव नहीं आया